प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय होने से अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जल संरक्षण का उल्लेख किया है बेटी व्रक्ष और शिक्षक शीर्षक से लिखे ब्लॉग में उन्होंने जल संरक्षण की सदियों प्रानी प्रक्रिया की चर्चा की है प्रधानमंत्री ने वृक्षारोपण के बारे में उनका टवीट पसंद करने के लिए लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है उन्होंने इस पहल के प्रति लोगों की उत्सुकता का भी स्वागत किया है एक रिपोर्ट साउंड बाईट प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण और बागवानी से जुड़ी उस परंपरागत तकनीक का जिक्र किया है जिसमें पानी से भरे गमले में पौधा लगाया जाता है इससे पौधे के लिए प्राकृतिक रूप से ड्रिप सिंचाई को बढावा मिलेगा प्रधानमंत्री ने सौराष्ट्र में वेरावल क्षेत्र के एक शिक्षक की दिल को छ लेने वाली कहानी साझा की है उन्होंने पेंड उगाने के लिए स्कल शिक्षक के अनुठे प्रयोग और क्षारोपण के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करने के तरीके की भी सराहना की है प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से घर में वर्तन घोने के बाद बचे पानो से पौधों की सिंचाई करने का आग्रह किया है उन्होंने ब्लॉग के अंत में लोगों से पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए इस तरह के अनूठे उपाय और प्रयोग साझा करने का अनुरोध किया प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बारे में अपना कृष्ठ न क्छ योगदान करने का यही उचिंत अवसर है समाचार कक्ष से भवतारिणी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से जल संरक्षण के लिये आगे आने का आहवान किया था ताकि देश को जल संकट की स्थिति से उबारा जा सके

मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राज्य में मॉनसून के अनुकूल स्थितियां बनी रहेगी राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना बनी हुई है इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान छपरा में सबसे अधिक तिहत्तर मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गयी वहीं पटना में पैंसठ दशमलव चार मुजफ्फरपुर में सैंतीस दशमलव छह और भागलपुर में तैंतीस मिलीमीटर बारिश हुई है दूसरी तरफ जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनो में बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में तीन लोगों की मौत हो गयी पटना मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के कई शहरों में तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में भारी जल जमाव हो गया है इससे लोगों को आवाजाही में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है पटना में एनएमसीएच के कई वार्डो में जल जमाव हो जाने से मरीजों और उनके परिजनों को काफी दिक्कतें हो रही हैं नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से उत्तर बिहार की कई नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है हमारे संवाददाता ने बताया कि शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर डुब्बा घाट में बढ़कर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है उधर मुजफ्फरपुर में औराई के बेनीपुर के पास रिंग बांध टूटने से कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है गोपालगंज के खजुरबानी में जहरीली शराब पीने से सत्रह लोगों की हुई मौत के मामले में तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष बीपी आलोक को बर्खास्त किया जायेगा सारण प्रक्षेत्र के डीआईजी ने यह अनुशंसा की है सोलह अगस्त दो हजार सोलह को खजुरबानी में जहरीली शराब पीने से सत्रह लोगों की मौत हो गयी थी जबकि चार लोगों की आंख की रौशनी चली गयी थी गया के अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले छह दिनों में बुखार तेज बदन दर्द और ग्लूकोज की कमी जैसे मिलते जुलते लक्षणों वाली संदिग्ध बीमारी के कारण छह बच्चों की मौत हो गयी है अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विजय कृष्ण प्रसाद ने बताया कि अब तक गया और औरंगाबाद जिले के विभिन्न इलाकों से उन्नीस मरीज अस्पताल में भर्ती हुए हैं उन्होंने कहा कि मरीजों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही एईएस या अन्य किसी कारण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है इधर पटना के राजेन्द्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीच्यूट के विशेषज्ञों की टीम गया पहुंचकर प्रभावित बच्चों के रक्त के नमूने ले रही है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश में अब तक पांच हजार से अधिक कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो चुकी है और जल्द ही पहले चरण के लिये चिन्हित सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी का काम पूरा कर लिया जायेगा आज विधानसभा में विपक्षी सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए श्री कुमार ने कहा कि स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत कब्रिस्तानों के साथ साथ मंदिरों की भी घेराबंदी हो रही है उन्होंने कहा कि यदि विधायक चाहे तो अपने फंड से भी इन कामों को पूरा करवा सकते हैं पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों की बदहाल स्थिति पर जवाब तलब किया है एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ज्योति शरण की खंडपीठ ने सरकार को उन्नीस जुलाई तक जवाब देने का निर्देश दिया है कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि केन्द्र और राज्य सरकारों को अगले पांच वर्षो में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए आज नई दिल्ली में राज्यों के क्रषि मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने अपनी प्राथमिकता उत्पादन केन्द्रित योजनाओं की बजाय आय बढ़ाने वाली योजनाओं पर केन्द्रित की है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसान क्रेडिट कार्ड और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजनाएं इसके कुछ उदाहरण हैं

भारतीय प्रेस परिषद की जांच समिति की दो दिवसीय बैठक आज से पटना में शुरु हुई परिषद के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद ने प्रेस की स्वतंत्रता के हनन मीडियाकर्मियों की शिकायतों और पत्रकारों के खिलाफ लगे आरोपों की सुनवाई की

दो दिवसीय इस बैठक में बिहार झारखंड ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों के प्रेस से संबंधित मामलों की सुनवाई हो रही है नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोल महादेव के पास से पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद की है मौके से पुलिस ने छत्तीस डेटोनेटर इकतालीस जेल और एक देशी रायफल बरामद की है पुलिस सूत्रों ने बताया कि नक्सलियों ने किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिये विस्फोटक छुपाकर रखा था इलाके में सर्च अभियान जारी है राज्य सरकार ने कहा है कि विभिन्न विभागों में कार्यरत डाटा इंट्री ऑपरेटरों के मानदेय का भूगतान हर महीने की पांच तारीख तक कर दिया जायेगा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विधानसभा में कांग्रेस के शकील अहमद खां के तारांकित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी उन्होंने यह भी कहा कि मानदेय पर कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवा नियमित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है

मौके से एक पिकअप वैन और एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र स्थित बस स्टैंड से पुलिस ने कुख्यात नक्सली राजू मियां को गिरफ्तार किया है

दरभंगा जिले के पतोर सहायक थाना क्षेत्र के उघरा गांव में जल निकासी को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की पीट पीटकर हत्या कर दी गयी बेगूसराय जिले के जीरोमाइल थाना क्षेत्र के बथली चौक के पास कार की चपेट में आने से एक यूवक की हयी मौत से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया

प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय होने से अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश